राज्य सरकार ने विभिन्न उद्योगों में भू जल के उपयोग की नई दरें लागू कीं

राष्ट्र आज नेताजी सुभाषचंद्र बोस की एक सौ तेईसवीं जयंती पर उन्हें श्रद्वाजंलि अर्पित कर रहा है

यह जानकारी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने नई दिल्ली में हुई कार्यशाला में दी इस कार्यशाला में प्रदेश के खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अमरजीत भगत भी शामिल हुए उन्होंने केन्द्र की पीएनजी और सीएनजी गैस योजना में रायपुर और सरगुजा जिले को भी शामिल करने की मांग रखी कार्यशाला के दौरान श्री भगत ने छत्तीसगढ़ में धान से एथेनॉल बनाने की कार्ययोजना पर भी चर्चा की प्रधानमंत्री थाना प्रशंसा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ चर्चा की इस दौरान श्री मोदी ने देशभर में पुलिस व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के प्रयासों की समीक्षा की चर्चा के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव आरपी मंडल ने बताया कि प्रदेश में कुल चार सौ छियालीस पुलिस थानों में चार सौ सैंतीस थानों को ऑनलाइन किया जा चुका है प्रदेश के जनसंपर्क विभाग से जारी विज्ञप्ति के अनुसार प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग की इस पहल की सराहना की है विज्ञप्ति के अनुसार मुख्य सचिव ने बताया कि प्रदेश के नौ थाने दूरस्थ इलाकों में हैं उनमे से भी चार थानों को इसी महीने ऑनलाइन कर दिया जाएगा श्री मंडल ने बताया कि राज्य में लगभग सत्ताईस हजार में से साढ़े छब्बीस हजार प्लिस जवानों को अपराध नियंत्रण की आध्निक तकनीक का प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है भू जल नई दरें राज्य सरकार ने विभिन्न उद्योगों में भू जल के उपयोग की नई दरें लागू कर दी हैं जिन उद्यागों में भू जल का उपयोग कच्चे माल के रूप में नहीं होता है उन उद्योगों के लिए प्राकृतिक जल स्रोत के इस्तेमाल की दर तीन गुना बढ़ा दी गई है जबकि ठंडे पेय पदार्थ शराब और बोतल बंद पानी के उद्योगों में भू जल के इस्तेमाल की दर पच्चीस गुना बढ़ा दी गई है वहीं सतही जल का उपयोग करने वाले उद्योगों के लिए दरों को पहले जैसा ही रखा गया है गौरतलब है कि प्रदेश में भू जल की सीमित उपलब्धता को देखते हुए नई दरें लागू की गई हैं प्रदेश में जल के औद्योगिक इस्तेमला से राज्य सरकार को हर वर्ष लगभग सात सौ करोड़ रूपए की आय होती है

इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर स्थित अपने निवास पर प्रदेश के उद्योग और व्यापार से जुड़े विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया बैठक में प्रतिनिधियों ने प्रदेश में व्यापार और उद्योग जगत को बढ़ावा देने के लिए अनेक सुझाव दिए मुख्यमंत्री ने इन सुझावों पर जल्द निर्णय लेने का आश्वासन दिया साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में अग्निशमन केन्द्र स्थापित करने के सुझाव पर तत्काल अमल करने का भरोसा दिलाया उन्होंने औद्योगिक क्षेत्रों में कौशल विकास केन्द्र और आईटीआई शुरू करने के साथ ही स्कूलों में उद्यमिता से संबंधित पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के सुझाव को स्वीकार करते हुए कहा कि इस पर जल्द कोई फैसला लिया जाएगा मुख्यमंत्री कोयला खदान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में संचालित कोयला खदानों से निकाले गये कोयले की चार हजार एक सौ चालीस करोड़ रूपये अतिरिक्त कर राजस्व की राशि केन्द्र सरकार से जल्द उपलब्ध कराने की मांग की है मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी को भेजे गये पत्र में भारतीय संविधान में प्रावधानों और खनिज अधिनियम का जिक्र करते हुए यह कहा है कि खनिज राजस्व पर राज्य सरकार का स्वामित्व है मुख्यमंत्री ने यहां की कोयला खदानों से प्राप्त कर राजस्व की राशि जल्द से जल्द उपलब्ध कराने को कहा है मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे मासिक कार्यक्रम की यह इकसठवीं कड़ी होगी इस बार यह कार्यक्रम शाम छह बजे प्रसारित किया जाएगा इससे पहले यह कार्यक्रम दिन के ग्यारह बजे प्रसारित होता रहा है एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा है कि इस साल का पहला कार्यक्रम विशेष दिन छब्बीस जनवरी को होगा इसके लिए लोग अपने विचार एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर साझा कर सकते हैं साथ ही वे नमो ऐप ओपन फोरम और माय जीओवी पर भी अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं छब्बीस जनवरी को प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण शाम छह बजे से होने के कारण आकाशवाणी के रायपुर केन्द्र से शाम छह बजे प्रसारित होने वाला छत्तीसगढ़ समाचार बुलेटिन उस दिन यानी छब्बीस जनवरी को दोपहर दो बजकर दस मिनट से प्रसारित होगा सुभाषचंद्र बोस जयंती राष्ट्र आज नेताजी सुभाषचंद्र बोस की एक सौ तेईसवीं जयंती पर उन्हें श्रद्वाजंलि दे रहा है आज ही के दिन वर्ष अट्ठारह सौ संतानवे में नेताजी का जन्म ओडिशा के कटक में हुआ था इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नेताजी सुभाषचन्द्र बोस को श्रद्वाजंलि दी है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नेताजी सुभाषचंद्र बोस को श्रद्दांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख नेताओं में शामिल थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी नेताजी के इस योगदान के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा राजनांदगांव में एनसीसी कैडेटों ने नेताजी सुभाषचंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें सशस्त्र सलामी दी गई इसके बाद कैडेटों द्वारा शोभायात्रा भी निकाली गई वहीं दुर्ग में बंग समाज द्वारा तिरंगा मोटरसाइकिल रैली निकालकर नेताजी को श्रद्वांजलि दी गई इस रैली में दुर्ग सांसद विजय बघेल भी शामिल हुए हाईकोर्ट पुलिस महानिरीक्षक छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक याचिका की सुनवाई पर पुलिस महानिरीक्षक को चार हफ्ते में जवाब देने को कहा है कोरिया जिले के दो उप निरीक्षकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी ने कहा है कि सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक को किसी निरीक्षक तथा उप निरीक्षक के खिलाफ आरोप पत्र देने का अधिकार नहीं है गौरतलब है कि याचिकाकर्ता उप निरीक्षकों के खिलाफ पुलिस महानिरीक्षक ने आरोप पत्र जारी करने के साथ ही उन्हें पदावनत करते हुए दोनों की एक वेतन वृद्धि रोकने का आदेश दिया था हत्या राजधानी रायपुर में आज एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और डेढ़ साल के बच्चे की हत्या कर दी इसके बाद आरोपी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली पुलिस के मुताबिक यह घटना तेलीबांधा के पास फूंडहर इलाके की है उधर राजनांदगांव के कन्हारपुरी लखोली मार्ग पर दो युवकों की हत्या का मामला प्रकाश में आया है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीएस ध्र्व ने बताया ने इस घटना में शामिल छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है दुर्घटना प्रदेश में बीते चौबीस घंटों के दौरान हुई अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में पांच लोगों की मौत हो गई मिली जानकारी के मुताबिक कोरिया जिले के बैकंठपुर में बीती रात एक कार के नियंत्रित होकर पेड़ से टकराने के कारण उसमें सवार तीन लोगों की मौत हो गई वहीं एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया घायल व्यक्ति को बैकुंठपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है उधर रायगढ़ में आज दो मोटरसाइकिलों के बीच टक्कर होने से उसमें सवार सोलह वर्षीय छात्र की मौके पर ही मौत हो गई वहीं जांजगीर चांपा जिले के बिरगहनी गांव में क्रेन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई क्रेन चालक घटनास्थल से फरार हो गया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 अपहरण खुलासा राजधानी रायपुर से पंद्रह दिन पहले अगवा किए गए कारोबारी प्रवीण सोमानी को पुलिस ने उत्तरप्रदेश के फैजाबाद से सकुशल छुड़ा लिया है पुलिस ने इस मामले में रायपुर और ओडिशा में रहने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है ये दोनों आरोपी अगवा करने वाले गिरोह में शामिल थे कारोबारी प्रवीण सोमानी ने अपने परिवार के साथ आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की मुख्यमंत्री ने उनकी सक्शल वापसी को पुलिस की बड़ी सफलता बताया है संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में प्रदेश में बालिकाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से महिला और बाल विकास विभाग द्वारा कल राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे नई दिल्ली के राजपथ पर होने वाले गणतंत्र दिवस परेड के लिए देशभर से सौ मेधावी छात्र चुने गए हैं इनमें भिलाई के थॉमस जैकब भी शामिल हैं राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव में अखिल भारतीय शाकाहार परिषद की ओर से नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के समर्थन में कल चौबीस जनवरी को जनसभा का आयोजन किया जाएगा सुकमा के भाजपा जिला उपाध्यक्ष कपिल सिंह ठाकुर ने कांग्रेस में प्रवेश कर लिया है भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल के स्थापना दिवस पर कल दुर्ग में जागरूकता दौड़ का आयोजन किया जाएगा

कांकेर जिले के भानबेड़ा और बैजेनपुरी के धान खरीदी केन्द्रों से करीब दो सौ इकसठ बोरी धान जब्त किया गया है महासमुंद पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार कर उनके पास से पचहत्तर किलो गांजा जब्त किया है